मुजफ्फरपुर बालिका गृह को ध्वस्त करने की कार्रवाई आज से शुरू हो गयी है मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित इसी बहुमंजिली इमारत में ब्रजेश ठाकुर बच्चियों के लिए आश्रय गृह चलाता था घनी आबादी को देखते हुए मकान को तोड़ने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा की आज बेगूसराय जिले के मंझौल कोर्ट में पेशी हुई इसके बाद दोनों को एकबार फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया मुजफ्फरपुर में चर्चित गार्बेज ट्रिपर खरीद घोटाला मामले में निगरानी जांच ब्यूरो ने मेयर सुरेश कुमार पूर्व नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन पूर्व प्रभारी नगर आयुक्त रंगनाथ चौधरी और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ पटना में प्राथमिकी दर्ज करवायी है आरोप है कि इन सबों ने पचास गार्बेज ट्रिपर की खरीद में नियमों की अनदेखी कर वैसे संवेदक को आपूर्ति का आदेश दिया था जिनका दर न्यूनतम नहीं था जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गयी है आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि कौन घटक दल कितनी सीटों पर लड़ेगा यह तय हो चुका है अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कौन दल किस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर दी जायेगी हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है श्री मांझी ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया जिसमें महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति की बात कही जा रही है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही समन्वय समिति का गठन किया जायेगा जो घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला तय करेगी लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय संरक्षक शरद यादव ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की जायेगी आज सहरसा में पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने ये जानकारी दी राज्य सरकार ने प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य बारह लाख टन से बढ़ाकर तीस लाख टन कर दिया है सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए केन्द्र से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है सबसे अधिक दो लाख दस हजार टन धान रोहतास जिले में खरीदा जायेगा केन्द्र सरकार ने बिहार को वर्ष दो हजार सोलह सत्रह के लिए मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रस्कार के लिए चयनित किया है

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार राज्य के दो सर्वश्रेष्ठ किसानों को भी सम्मानित करेगी देश में तीस नवम्बर तक लगभग इक्कीस करोड़ घरों में बिजली पहंचाई जा चूकी है केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि बाकी चौरानवे लाख घरों में अगले वर्ष मार्च महीने तक बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई देशभर में राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा में यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक विश्राम गृह का निर्माण करेगा इस व्यवस्था के अंतर्गत पानी नाश्ता और चाय कॉफी के लिए स्वचालित मशीनें लगाई जायेंगी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर वीआईपी लोगों के लिए अलग लेन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है कोहरे को देखते हुए नौ जोड़ी ट्रेनों का परिचालन सोलह फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें दानापूर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस मालदा टाउन नई दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस बरौनी अम्बाला एक्सप्रेस सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस सियालदाह आनंद विहार एक्सप्रेस झांसी कोलकाता स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और सहरसा अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस शामिल हैं इसके अलावा भागलपुर नई दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस और हावड़ा जम्मूतवी हिमगिरी एक्सप्रेस समेत बारह जोड़ी ट्रेनें सप्ताह में एक दिन रदद रहेंगी पछ्आ हवा के कमजोर पड़ने से प्रदेश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक मौसम के रूख में कोई बदलाव नहीं होगा सोलह दिसम्बर के बाद से एक फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड में बढ़ोतरी होगी आज पटना का न्यूनतम तापमान बारह भागलपुर का तेरह जबकि गया और पूर्णियां का ग्यारह ग्यारह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया नवादा जिले के रजौली थाना अंतर्गत भानेखाप स्थित अभ्रक के खदान से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है अपर पुलिस अधीक्षक कुमार आलोक ने बताया कि ये विस्फोटक अवैध रूप से खनन में लगे अपराधियों से बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि मौके से दो कंप्रेसर मशीन दो जिलेटिन और दो डेटोनेटर बरामद किये गये हैं मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र के बनकटवा से उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्ब्रलेंस से साठ कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक चार पहिया वाहन से चार सौ बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर अररिया जिले के कुआरी चौकी क्षेत्र से पुलिस ने तीन शराबियों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव स्थित मठ से चोरों ने अष्टधातु के दो मूर्तियां चुरा ली पुलिस ने बताया कि चोरी गयी मूर्ति लगभग पन्द्रह किलो की थी और उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है मूर्ति की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है विश्व शांति की कामना के लिए गया जिले के जेठियन से राजगीर के वेणुवन तक बौद्ध भिक्षुओं ने आज पद यात्रा निकाली लगभग पन्द्रह किलोमीटर लंबी यात्रा में चौदह देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए इससे पूर्व जेठियन में धम्म सभा का भी आयोजन किया गया इधर जमुई जिले के लछुआर में मंगलमय प्रवेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है महोत्सव के तीसरे दिन कल जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की प्रतिमा की गर्भगृह में पुर्नस्थापना की जायेगी अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के कटहारा में पुलिस ने एक निजी गोदाम में छापेमारी कर सात सौ बोरा नकली खाद जब्त किया है मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की पुलिस चौकी क्षेत्र से पुलिस ने चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या अठारह में अपराधियों ने एक जनवितरण प्रणाली दुकानदार से दो लाख रूपये लूट लिये रोहतास जिले के नौंवा और चिताव पंचायत के मुखिया तथा पंचायत सचिव के खिलाफ मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में अनियमितता और गबन के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में आज दोपहर अपराधियों ने एक निजी बैंक के एक कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया और तीन लाख रुपये लूट लिये वहीं जिले के कटहरा पुलिस आउट पोस्ट के बखरीदुआ गांव के पास पिछले दिनों एक पेट्रोलपंप कर्मचारी की हुयी हत्या और लूट मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है सत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली स्थित राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड के लिए मगध विश्वविद्यालय की दो छात्राओं रिया कुमारी और सुकन्या कुमारी का चयन किया गया है ये दोनों छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस से जुड़ी हैं